वे कांग्रेस के टिकट पर लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं हालांकि बीच में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था उनके पुत्र दिव्यराज सिंह वर्तमान में सिरमौर विघानसभा से भाजपा के विघायक हैं आज राहुल गांधी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज रायसेन जिले के बरेली पहंची है यहां एक सभा को सम्बोधित करते हए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि चुनाव के समय राहल गांधी को मध्यप्रदेश याद आ रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत मिलेगी

आज श्री चौहान पिपरिया शोभापुर सोहागपुर सेमरी बाबई तवापुल और इटारसी में सभाएं लेंगे

वे इसी दिन सागर के साथ टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में भी सभाएं संबोधित करेंगे बंद देश के छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए आज भारत व्यापार बंद का राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में व्यापक असर दिखाई दे रहा है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राघेश्याम माहेश्वरी ने बताया कि संगठन की अपील पर बंद का प्रदेश में व्यापक असर है

उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा में आम उपभोक्ता का भी सहयोग मिल रहा है वहीं इंदौर में सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं

ग्वालियर शिवपुरी जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही खबरे हैं बंद के तहत ऑनलाइन दवाओं की खरीदी का विरोध भी शामिल होने के चलते आज भोपाल में भी दवाओं की द्वानें बंद रखी गई हैं

जावडेकर केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यूनेस्को ने वेदों को वैश्विक धरोहर माना है और वेदों पर भी शोध होना चाहिए श्री जावडेकर कल उज्जैन में महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन करने आए थे

अब यहां राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय खुल रहा है जिसमें विद्यार्थी वेदों को अलावा संस्कृत अंग्रेजी गणित विज्ञान सामान्य विज्ञान योग कम्प्यूटर आदि विषयों का भी अध्ययन करेंगे नाबार्ड भोपाल हाट में नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूह शिल्पकारों और किसान संगठनों के उत्पादों की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और विकय का आयोजन किया गया है प्रदर्शनी का उद्घाटन कल सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया दो अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है प्रदर्शनी का उद्वेश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है

इस दौरान सरकारी शालाओं की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

इसके साथ ही इसी दिन स्वच्छता पर केन्द्रित अनेक कार्यक्रम भी होंगे

कार्यकम में पद्मश्री विमूषित श्री रमाकांत दुबे बुदेजा बंधु श्रीमति सविता वाजपेइ और रघु ठाकुर को महात्मा गांधी सम्मान से नमाजा जायेगा